निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी अंतिम चरण में

वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक चुनावी रैलियां कर रहे हैं

सभी प्रमुख नेता ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं बुंदेलखंड का हिस्सा होने के नाते बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव है इसलिए कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है

वहीं बसपा और सपा जैसी पार्टियों के लिए यह चुनाव अपनी ताकत दिखाने का मौका है आज केंद्रीय मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने साँची विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिये सलामतपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित आमसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही विकास होता है उन्होंने चुनाव में भीतरघात करने वाले कार्यकर्ताओं को कड़ी चेतावनी भी दी दूसरी ओर निर्वाचन आयोग की चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं आज सांची विधानसभा क्षेत्र के कई मतदानकेन्द्रों और च्नावी सभास्थलों का च्नाव आयोग के जनरल प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षकों ने जायजा लिया इन प्रेक्षकों ने मतदाताओं से चर्चा भी की वहीं आज भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक संजय सिन्हा ने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया कोरोना देश केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि द्निया के देशों की तुलना में भारत में कोविड के मामलों की संख्या प्रति दस लाख आबादी पर काफी केम है मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है और इस समय यह एक दशमलव पांच एक प्रतिशत है मंत्रालय ने कहा कि यह इस बात का सुचक है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों ने कोविड की रोकथाम जांच और उसके उपचार के मामले में प्रभावशाली कदम उठाए हैं

देवास जिले में कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है लगातार जन चेतना और सावधानियो से जिला कोरोना मुक्ति की ओर हैं

देवास जिले के लगभग सभी हॉटस्पॉट अब खत्म हो चुके हैं अशोकनगर जिले में पांच कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं

उधर जबलपुर जिला कलेक्टर ने निजी अस्पतालों में नये आईसीयू वार्ड बनाने और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये हैं

हमारे टीकमगढ़ संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला वहीं तीन लोग स्वस्थ होकर घर लौट गये जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

इस नैदानिक प्रौद्योगिकी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधार्थियों ने विकसित किया है इस विधि से कोविड की जांच आसानी से की जा सकती है यह जांच किफायती है और एक घंटे के अंदर परिणाम मिल सकते हैं

नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय और गूगल कला तथा संस्कृति के बीच सहयोग से यह परियोजना शुरू की गई है इस उद्घाटन के बाद आज से सारी दुनिया के लोग गूगल आर्टस् एंड कल्चर साइट पर ऑनलाइन राष्ट्रीय संग्रालय की लघु चित्र कलाओं उद्घाटनसमारोह को संबोधित करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने भारतीय को देख सकेंगे धरोहर के संरक्षण में प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत की शुरूआत और संबंधित प्रोद्योगिकी की भूमिका के महत्व का उल्लेख किया श्री पटेल ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गूगल के नेतृत्व की भी सराहना की

मौसम केंद्र ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी बंगाल की खाड़ी में लगातार कम दवाब का क्षेत्र बने रहने से इस वर्ष मानसून करीब दस दिनों की देरी से रुखसत हुआ कम दवाब का क्षेत्र बने रहने और अरब सागर से आ रही नमी के कारण अभी तक प्रदेश में तेज सर्दी नहीं पड़ रही थी लेकिन अब मानसून की विदाई के साथ ही ठण्ड बढ़ने के आसार बन गये हैं हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी से बदलकर उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी होने से आगामी हफ्तों में तेज सर्दी पड़ने लगेगी पिछले चौबीस घंटों के दौरान इंदौर और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं वर्षा हुई शेष संभागों में मौसम सामान्य रहा